पिछले वर्ष लगभग एक लाख अस्सी हजार दीप जलाये गये थे इस बार दीपोत्सव में दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला और राष्ट्रपति की पत्नी किम जांग श्रक मुख्य अतिथि होंगी प्रदेश के मुख्य सचिव अनूप चन्द्र पाण्डेय ने बताया बाइट इस बार की खास चीज यह है कि कोरिया की जो प्रथम महिला ह उनके जो राष्ट्रपति है उनकी पत्नी यहां मुख्य अतिथि होगी इस अर्न्तराष्ट्रीय महत्व के आयोजन के मददेनजर अयोध्या में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये गये हैं

हमारे यहां के राज्यपाल महोदय रहेंगे बिहार के राज्यपाल रहेंगे और साथ ही साथ साउथ कोरिया फ्रर्स्ट लेडी जो प्रथम महिला है वह भो हमारे द्वारा आमंत्रित की गई हैं तो एक नेशनल के साथ साथ एक इर्न्टरनेशनल इन्पोर्टेन्ट फेस्टिवेल है तो इसकी सुरक्षा के व्यापक इन्तजाम किये गये हैं

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जीएसटी कलेक्शन में पिछले साल के मुकाबले इस बार बढ़ोत्तरी हुई है उन्होंने इसके और बढ़ने की आशा व्यक्त की है

उत्तर प्रदेश सहित बिहार आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत सबसे अधिक योगदान कर रहे है यह भारत सरकार से गारण्टी प्राप्त पेंशन योजना है जिसमें अटठारह से चालीस वष की आय् वाला कोई भी नागरिक इसका लाभ प्राप्त कर सकता है

केन्द्रीय प्रद्षण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों को दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण संबंधी शिकायतें ट्विटर और फेसबुक पर दर्ज कराने को कहा है

इसके तहत वायू प्रद्रषण पर रोक के लिए लागू उपायों की अवहेलना करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है इस अभियान के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गठित निगरानी दल दिल्ली के विभिन्न इलाकों के साथ साथ फरीदाबाद गरूग्राम गाजियाबाद और नोएडा जैसी जगहों का दौरा कर रही है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

श्री नाइक ने कहा कि इस संगोष्ठी का आयोजन युवा उद्यमियों को आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए प्रोतसाहित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद अवसरों के बारे में जानकारी देने के लिए किया गया है

उद्योजकता के लिए हमारे टेक्नॉलोजी का सहारा लेना चाहिए

डिजिटल इंडिया के साथ जुड़ के आर्युवेदा में कई अन्वेषण किए जा सकते हैं टेली मेडिसिन मोबाइल एप या डिजिटल मार्केटिंग इस प्रकार के अलग अलग तरीके अपनाए जा सकते हैं जिससे हम आर्यूवेदा को नई दृष्टि से पेश कर सकते हैं और प्रचार प्रसार इसका अच्छी तरह कर सकते हैं नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने आयुर्वेद औषधि निर्माताओं से इनकी शुद्धता बनाये रखने का आग्रह किया

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मौजूदा समय में विधानमण्डल सत्र न चलने के कारण और विषय की तत्कालिकता को देखते हुए राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव को विधिक परीक्षण के बाद अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है

बाजार विभिन्न प्रकार की घरेलू साजो सामान से सज गये हैं बाजार में पटाखों की दुकाने बड़ी संख्या में लगी हुयी है शासन ने लोगों स नियत समय और कम प्रदूषण वाल पटाखे जलाने का अन्रोध किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश वासियों को धनतेरस और धनवंतरी जयंती के अवसर पर अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की शुभकामनाएं प्रेषित की है उन्होंने अपने संदेश में कहा कि भारतीय संस्कृति में अर्थ सहित चार प्रकार के पुरूषार्थ बताये गये हैं धनतेरस इसी का द्योतक है उन्होंने भरोसा जताया कि प्रदेश में अन्त्योदय की भावना के अनुरूप समाज क अन्तिम व्यक्ति को भी सुख समृद्धि प्राप्त होगी